इसमें राज्य के युवाओं ने पैदल चलते हुए मार्ग में पड़े हुए प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे को उठाया वॉकथन का शुभारंभ करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने कहा कि प्लास्टिक मनुष्य और पशु पक्षियों के अलावा पर्यावरण के लिए भी नुकसान दायक है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के सभी हिस्सों में लोगों को जागरुक बना रही है ताकि स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके इस मौके पर शहरी विकास विभाग की सचिव सोनल स्वरुप ने कहा कि युवाओं के माध्यम से नो टू प्लास्टिक के स्लोगन को जन जन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने राज्य के सभी वर्ग के लोगों से प्लास्टिक कचरे से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोग की अपील की अरुणाचल प्रदेश में फूल उत्पादन अपार संभावनाएं है और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते है इसी को ध्यान में रखते हुए आज से राजधानी क्षेत्र ईटानगर के दोरजी खाण्डू कनवेंशन हॉल में अरुणाचल फ्लावर फेस्टिवल शुरु हुआ राज्य के बागवानी विभाग और अरुणाचल फ्लावर ग्रोवर्स द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित पहले फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए राज्य के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने कहा कि प्रदेश में त्वरित गति से हो रहे सड़क संपर्क सुविधाओं के विस्तार से राज्य के विभिन्न हिस्सों में फूलों का उत्पादन कर रहे किसानों को मार्केटिंग के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध होगा तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह और प्रगतिशील फूल उत्पादक किसान अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि बागवानी और पश्रपालन क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में अनेक स्टॉल लगाएं गए थे इस अवसर पर लोगों को दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वच्छ तरीके से सुअर पालन करने और खेती में कीटनाशक दवाओं और उर्वरक का उपयोग करने विषय में विशेषज्ञों द्वारा लोगों को सही जानकारी दी गई ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच विभिन्न विषयों पर सिधी बातचीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के साथ विभिन्न फसलों और फलों के उत्पादन बढ़ाने तथा फसलों में होने वाले रोंगों के रोकथाम के उपायों की जानकारी दी इस मौके पर किसानों ने कॉलेज ऑफ हर्टिकल्वर और फॉरेस्ट्री के विशेषज्ञों से कृषि बागवानी से जुड़े कई प्रश्न पूछे और समाधान प्राप्त किया

कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी के लिए मशहर भारत में हर चार कोस पर भाषा बदल जाती है आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में बाईस प्रादेशिक भाषाएं दर्ज है भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता की परिचायक है भाषाएं

तभी से लगातार यह दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषित का प्रसार करना है अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिसर में लुप्त होने की कगार पर खड़ी भाषाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है जिसमें ऐसे क्षेत्र और समुदाय के लोगों के लिए कार्यशाला आयोजित कर उनकी भाषाओं या बोलियों की संरक्षित किया जाता है इस केंद्र के निदेशक प्रोफेसर साईमन ने बताया कि राज्य के अंजाव जिले के म्योर जनजाति की बोली और भाषा पर हाल ही में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

इस अवसर पर श्रद्धांलू बुराइयों को नष्ट करने वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धांलू पहुंच रहे है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

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया